नीति आयोग तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस वार्षिक बैठक का आयोजन किया है वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है तो कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तरल प्राकृतिक गैस का चौथा सबसे बड़ा आयात देश है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से मृत्युदर में भी काफी कमी आई है जो इस समय लगभग डेढ़ प्रतिशत है

जन आंदोलन कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन का समर्थन करते हुए महात्मा गांधी ग्रमोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुलपति प्रोफेसर नरेश चंद्र गौतम ने नागरिको से कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की अपील की है

हालांकि ये पर्व दो तिथियों में पड़ने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में कल भी दशहरा मनाया गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और राज्यपाल ने सभी को विजयादशमी की बधाई दी है

भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शस्त्र पूजा की इस दौरान श्री चौहान ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की

आयोजन स्थल पर सैनेटाइजर और मास्क रखने के निर्देश दिये गये हैं उधर सतना में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में शस्त्र प्रजा की गई आगरमालवा पन्ना में प्रशासन के निर्देशों के अनुसार दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है

कल रिटर्निंग अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने कई केन्द्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया